राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का आज राज्यसभा में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का लक्ष्य बारह करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना है केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए कई सुधारों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दो हजार चौदह में फसल बीमा योजना के दायरे को बढ़ाया जिसके तहत छोटे किसानों को नबे हजार करोड़ रुपये दिए गए उन्होंने यह भी कहा कि लगभग एक लाख पन्द्रह हजार करोड़ रुपये देश में किसानों के खातों में सीधे प्र्यानमंत्री किसान योजना के तहत हस्तांतरित किए गए हैं श्री मोदी ने कहा कि किसानों की बड़े और अधिक लाभदायक बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा किसान रेल और किसान उड़ान योजना शुरू की गई है नये कृषि कानूनों को वापस लेने की विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि रूकावटों से विकास हासिल करने में कभी भी मदद नहीं मिलती उन्होंने कहा कि पूरी चर्चा के दौरान किसी विपक्षी सदस्य ने किसानों के आन्दोलन के कारण का उल्लेख नहीं किया श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ही नहीं बल्कि पहले की सरकारों ने भी समय समय पर कृषि क्षेत्र में सुधारों के प्रयास किए हैं प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और नए कृषि कानून किसी भी तरह से कृषि उपज विपणन समितियों को कमजोर नहीं करेंगे मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अविक आधुनिक बने अधिक प्रतिस्पर्धी होगी किसान बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अगले दो से तीन महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे का निर्माण तय समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा जो कि एक उपलब्धि होगी मुख्यमंत्री आज अयोध्या आजमगढ़ गाजीपुर और सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे अयोध्या में निरीक्षण के बाद अपने सम्बोधन में श्री योगी ने कहा कि पूर्वाचल एक्सप्रेस वे दिल्ली तक की यात्रा को सुगम बनायेगा साथ ही यह पूर्वांचल के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा सुल्तानपुर में एक्सप्रेस वे के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक्सप्रेस वे पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश की सम्भावनाओं में भी वृद्धि करेगा उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे युवाओं और स्थानीय लोगों के लिये रोजगार के नये अवसर पैदा करेगा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति इक्कीसवीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देगी उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य वर्ष दो हजार तीस तक सौ प्रतिशत युवा और प्रौढ़ साक्षरता को प्राप्त करना है मध्य जोन कुलपति सम्मेलन का आज वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति से विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और भारत के विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्वी बनेंगे श्रीमती पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत की परम्परा विरासत सांस्कृतिक मूल्यों और तकनीकी ज्ञान तथा कौशल विकास में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में केन्द्र सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया है साथ ही कौशल विकास के लिए भी कई घोषणाए की गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में चल रहे विकास कार्यो का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अगस्त तक यहां सभी विकास कार्य पूरे कर लिये जायें मुख्यमंत्री ने मणिकर्णिका घाट तक जाकर निर्माण कायों का जायजा लिया इसके अलावा श्री योगी ने शहर में अन्य स्थलों पर चल रहे विकास कार्यो का भी निरीक्षण किया केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रस्ताव दिया है कि न्यूनतम मजदूरी सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए लागू होगी और उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा पिछले सोमवार को संसद में अपने बजट भाषण में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार एक पोर्टल के माध्यम से गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के बारे में उचित जानकारी इकट्ठा करेगी उन्होंने कहा कि इन डेटा की मदद से मजदूरों के स्वास्थ्य आवास कौशल जीवन बीमा और खाद्यान्न से जुडी योजनाएं बनाई जा सकेंगी वित्तमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत राशन लेने की भी अनुमति होगी प्रदेश में पिछले चौबीस घटों में कोविड संक्रमण के केवल सत्तर नये मामले सामने आये हैं राज्य में लगभग आठ महीनों के बाद एक दिन में संक्रमण की संख्या सौ से नीचे दर्ज की गयी प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घट कर तीन हजार चार सौ बयालीस रह गयी है